आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चौनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा

इनमें मास्क लगाना सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा

ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले सुझावों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित हैं

आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में पंचायतों के गठन में हुई देरी और नए नगर निकायों के गठन के लिए ये फैसला लिया गया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है अटल टनल रोहतांग का मोदी कर सकते हैं वर्चुअल उद्घाटन सीएम जयराम बोले पीएमओ से हरी झंडी मिली तो सोलंगनाला में होगी पीएम की जनसभा

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सीएम के निर्देश जल्द तैयार करें अटल टनल पंजाब केसरी की एक खबर है आत्महत्याएं रोकने को हैल्पलाइन नंबर सकिय करने के आदेश आपका फैसला राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हवाले से लिखता है नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए टास्क फोर्स गठित करें राशन डकारने वाले फर्जी गरीब अफसरों पर एफआईआर के दिए आदेश शीर्षक से अमर उजाला लिखता है खाद्य आपूर्ति मंत्री के साथ फर्जीवाड़े पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के लिए कहा

जीएसटी की गैप फंडिंग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से लेगी लोन पंजाब केसरी की एक खबर है प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है बीटेक डिग्री होल्डर अब जेई के लिए योग्य नहीं

दैनिक भास्कर की खबर है बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए ऊना भी एफसीए से बाहर वन विभाग सोमवार तक जारी करेगा एनओसी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

नमस्कार